अब तक जिले में बीस एके सैंतालीस राईफल बरामद किये गये

भारतीय सैन्य बलों के साहस शौर्य और बलिदान को प्रदर्शित करने के लिए आज से रविवार तक देश भर में पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है दो वर्ष पहले आज ही के दिन सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर सर्जिकल स्ट्राईक कर पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में आतंकवादियों के शिविरों को ध्वस्त कर दिया था इस उपलक्ष्य में पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के राजपथ पर इंडिया गेट पर चल रहा है जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन भाग ले रही हैं देश के इक्यावन शहरों में तिरेपन स्थानों पर भी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें भारतीय सैन्य बलों के साथ साथ और विशेष बलों के पराक्रम और क्षमता को प्रदर्शित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर जोधपुर में सेना की एक प्रदर्शनी को उद्घाटन किया जिसमें सैन्य पराक्रम प्रदर्शित किया गया है प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि देश को सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी पर गर्व है जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं पराक्रम पर्व पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्द्धन राठौर ने कहा बाईट आजादी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से ऐसे लोग है जो दिन रात अपना सेक्रेफाइज करते है सभी लोग हमारे देश के अंदर अपने जीवन का रिस्क लेते है और सरहद पार करके हमला करके आते है ताकि देश सुरक्षित रहे आज हम ऐसे सभी लोगों को याद करें जो सियाचिन में खड़े होते हैं बर्फीले पहाड़ों पर समुद्र में समुद्र के नीचे सब जगह तैनात रहते है ताकि भारत सुरक्षित रहें उन सबको आज हम सलूट करते हैं और अपने अपने जीवन में जो भी काम कर रहे है उन्हीं की तरह देशभक्ति उन्हीं की तरह बनने की भी कोशिश है पटना में दानापुर स्थित सेना के कैंटोनमेंट क्षेत्र में सशस्त्र सेनाओं के साहस और पराक्रम को दर्शाने वाले फिल्म का प्रदर्शन किया गया इस अवसर पर सेना बैंड ने आकर्षक धुन की प्रस्तुति भी दी सेना ने आम लोगों के लिए सशस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगायी है जिसमें स्कूली बच्चों को विशेष रूप से हथियारों और अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताया जा रहा है इसके अलावा परमाणु जैविक और रासायनिक हथियारों से निपटने के लिए सेना के पास उपलब्ध क्षमता और तकनीक के बारे में जानकारी दी जा रही है यह कार्यक्रम रविवार तक चलेगा केन्द्र सरकार ने भीड़ द्वारा हिंसा और लोगों की पीट पीटकर हत्या के मामले में राज्यों को परामर्श जारी कर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती उपाय करने को कहा है उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी परामर्श में कहा है कि लोगों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि भीड़ द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा पर कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई है इससे पहले मंत्रालय ने सभी राज्यों को मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने इसकी खुफिया जानकारी जुटाने और सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष कार्यबल गठित करने को कहा था मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर के केन्द्रीय आयुध फैक्ट्री से तस्करी किये गये बारह एके सैंतालीस राईफलों को मुंगेर पुलिस ने बरामद किया है मुंगेर के पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि बारह राईफल देर रात मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बरधे गांव से एक गहरे क्एं से बरामद किये गये उन्होंने बताया कि पुलिस ने अवैध तरीके से हथियार बेंचने वाले एक अंतर राज्यीय गिरोह को पर्दाफाश किया है अब तक इस गिरोह के चौदह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चूका है और तस्करी की बीस एके सैंतालीस राईफल बरामद की गयी है पूछताछ के दौरान पता चला है कि तस्करों ने मुंगेर में सत्तर एके सैंतालीस राईफल विभिन्न आपराधिक समूहों को दी है इन अवैध हथियारों को हाल के बड़े आपाराधिक वारदात को अंजाम देने में उपयोग किया गया भोजपूर जिले में अपराधियों ने भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा हत्याकांड के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्रा की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस सूत्रों ने बताया कि कारनामेपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में खेत से लौटते वक्त पांच से छह अपराधियों ने कमल किशोर मिश्रा पर हमला कर दिया इस घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गये समस्तीपूर जिले के सिंधिया थाना क्षेत्र अंतर्गत धकधरी गांव में एक सरकारी स्कूल में छात्र द्वारा गोलीबारी किये जाने से अफरा तफरी मच गयी पुलिस ने आरोपी छात्र को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया है बताया जाता है कि आठवीं कक्षा के छात्र ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हवाई फायरिंग की थी पुलिस मामले की जांच कर रही है रोहतास जिले के सासाराम स्थित किशोर न्याय बोर्ड में पेशी के दौरान बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से पहले पूलिस ने चार अपराधियों को हथियार और कारतुस के साथ गिरफ्तार कर लिया बताया जाता है कि सभी प्रलिस बल पर हमलाकर एक आरोपी किशोर को छुड़ाने के लिए आये थे पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद तारिक अनवर ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कटिहार लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री अनवर ने कहा कि राफेल सौदे के पक्ष में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के बयान से वह बहुत दुखी हैं इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है गौरतलब है कि शरद पवार ने कहा था कि राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए श्री अनवर ने कहा कि भविष्य में वे किसी पार्टी में जायेंगे इसका फैसला उन्होंने नहीं किया है प्रधानमंत्री आवास योजना से पश्चिम चंपारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के पक्के घरों का सपना पूरा हो रहा है

नौतन प्रखंड निवासी सरोज देवी ने बताया कि आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के घरों के कारण अधिक सुरक्षा का एहसास होता है

आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार बेगूसराय जिले की एक स्थानीय अदालत ने खगड़िया जिले के चर्चित कविता यादव और राजकिशोर राय हत्याकांड में चार आरापियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है वहीं एक अन्य को दस वर्ष जेल की सजा दी गयी है गौरतलब है कि पूर्व विधायक रणवीर यादव के साथ खगड़िया जिले के चौथम जाने के दौरान कविता यादव और राजकिशोर राय की बाईस मई उन्नीस सौ नब्बे को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी मुजफ्फरपुर जिले के नगर पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा का तबादला कर दिया गया है उन्हें बक्सर का नया एसपी बनाया गया है वहीं बक्सर के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार को मुजफ्फरपुर का नया सिटी एसपी बनाया गया है गृह विभाग की ओर से आज जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के आठ पदाधिकारियों का तबादला किया गया है ई फॉर्मेसी नीति के विरोध में आज राज्य में अधिकांश दवा द्रकानें बंद रहीं इससे मरीजों को भारी कठिनाई का सामना करना पडा विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि ड्रग और कैमिस्ट ने अपनी दवा द्रकानों को बंद कर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया राज्य सरकार ने कहा है कि दुर्गापूजा से पहले साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को बकाया वेतन का भुगतान हो जायेगा शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान के एवज में तीन सौ बावन करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है शिवहर जिले में पुलिस ने पुरनहिया थाना क्षेत्र के दोस्तियां गांव के पास लगभग साढ़े तीन सौ लीटर विदेशी शराब जब्त की है शराब की खेप को बागमती तटबंध के पास झांड़ी में छिपाकर रखा गया था जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के चकाई बाजार से उत्पाद विभाग ने एक पिकअप वैन से छह लाख रूपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद की है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है

अब तक जिले में बीस एके सैंतालीस राईफल बरामद किये गये